उन्होंने कहा कि आईआईटी मंडी प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जो प्रदेश और इस क्षेत्र के लोगों के लिए गौरव का विषय है

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि राष्ट्र निर्माण में आईआईटी मंडी का योगदान आगे भी जारी रहेगा उन्होंने कहा कि इस संस्थान के पास एक सौ करोड़ रूपये से अधिक की शोध परियोजनाएं हैं जो किसी भी संस्थान के लिए एक शानदार उपलब्धि है

उन्होंने बेहतर कार्य के लिए संस्थान के विभिन्न संकाय कर्मचारियों व विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया

ये बात विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज विधानसभा की प्रैस गेलरी कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए थर्मल स्कैनिंग के बाद ही किसी भी व्यक्ति को परिसर में आने की अनुमति दी जाएगी परमार ने बजट सत्र की कार्यवाही देखने के लिए आने वाले आगंतुकों से भी अपील की है कि वह कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार विधानसभा न आए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भिलने के इच्छूक लोग प्रतीक्षा कक्ष में ही मुलाकात कर सकेंगे इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा गोविन्द ठाकुर भाषा संस्कृति मंत्री गोविन्द ठाकूर ने कहा है कि कला भाषा अकादमी साहित्य पुरस्कार शिखर सम्मान और कला सम्मान के साथ अब हर वर्ष युवा कलाकार सम्मान भी प्रदान करेगी गोविन्द ठाकुर ने शिमला में कहा कि युवाओं के लिए अभी तक अकादमी की ओर से इस तरह का कोई सम्मान नही है इसी के दृष्टिगत अकादमी ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान देने का निर्णय लिया है सुरेश कश्यप सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी न कर पाने के मिथ को तोड़ने के लिए भाजपा इस बार अभी से पूरे जीजान से जूट गई है इस कड़ी में पार्टी राज्य के सभी चारो संसदीय क्षेत्रो में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है शिमला संसदीय क्षेत्र का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सोलन में आरम्भ हुआ

इसके बाद पांच मार्च तक राज्य के समी भाजपा मण्डलों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य के लोगों को राहत देने के लिए पैद्रोल और डीजल पर वैट कम करने की प्रदेश सरकार से मांग की है राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर करवाने के फैसले का स्वागत किया उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायतीय राज संस्थाओं के चुनाव में सरकार ने धन बल का प्रयोग कर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्तियां की लेकिन पार्टी चिन्ह पर चुनाव होने से इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लेगेगी

विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक व कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है